सभी लड़कियां पिछले चार पांच महीने से उसी शेल्टर होम में रह रही थीं सूत्रों ने बताया कि सुबह लगभग तीन बजे ये लड़कियां शेल्टर होम का ग्रिल काट कर फरार हो गईं राज्य के अपर प्रलिस महानिदेशक मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने बताया कि इस बालगृह का संचालन ईसाई नन के द्वारा किया जा रहा है और यहां किसी बाहरी का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है श्री कृष्णन ने बताया कि फरार हुई बच्चियों में पांच वैसी लड़कियां भी हैं जिन्हें मुजफ्फरपुर बालिका अल्पावास गृह के बंद होने के बाद यहां शिफ्ट किया गया था उन्होंने बताया कि फरार लड़कियों की गिरफ्तारी के लिए पटना जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है इधर पुलिस अधीक्षक सीआईडी के नेतृत्व में एफएसएल की टीम रिमांड होम पहुंचकर मामले की जांच कर रही है वहीं जिलाधिकारी कुमार रवि ने कहा है कि इस बारे में फरार होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आज मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले की सुनवाई करते हुये आरोपी ब्रजेश ठाकुर और मधु समेत कांड के आठ आरोपियों को तिहाड़ जेल भेज दिया है अदालत ने इस संबंध में दायर याचिका की सुनवाई करते हुये इस दलील को सही माना कि बिहार की जेलों में इनके रहने से जांच प्रभावित हो सकती है

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवल किशोर शाही ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुये कहा कि आगामी चुनाव में उनकी पार्टी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी श्री शाही ने कहा कि पार्टी का राजद कांग्रेस राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के गठजोड़ से कोई तालमेल नहीं होगा हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने आज रांची स्थित रिम्स में राजद प्रमुख लालू प्रसाद से मुलाकात की सूत्रों ने बताया इस दौरान दोनों नेताओं के बीच लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया केंद्र ने सभी राज्यों से जम्मु कश्मीर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद गृहमंत्रालय ने सभी राज्यों को यह परामर्श जारी किया है परामर्श में कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन और नोडल अधिकारियों को फिर सलाह दी जाती है कि वे छात्रों सहित कश्मीरियों पर किसी तरह के हमले धमकी और उनका सामाजिक बहिष्कार रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बन रहा है कुम्भ मेले के सिलसिले में भारत आये एक सौ नब्बे देशों के प्रतिनिधियों को नई दिल्ली में सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुम्म मेला संस्कृति और अध्यात्म का केन्द्र बिन्दु है

सारे देश के और दुनिया के तीर्थयात्री वहां पहुंचते हैं ये समागम एक प्रकार से स्प्रीचुवल इंस्प्रीनेशन के लिए तो है ही है लेकिन ये सोशल रिफॉरमेशन मूवमेंट का एक हिस्सा है मौसम विभाग ने पच्चीस छब्बीस और सताईस फरवरी को राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और स्थिति पर नजर बनाए रखने को कहा है विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि पूरी सतर्कता बरती जा रही है और लोगों के बीच इसके बारे में पूर्व सूचना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के उत्तरी और उप हिमालयी क्षेत्र के ऊपर एक चक्रवाती दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जो पूर्वोत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है इसके प्रभाव से राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में इस सप्ताह मौसम में उतार चढाव का पूर्वानुमान है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार सही अर्थो में महात्मा गांधी के सपने को साकार कर ही है श्री मोदी ने नवादा के सांसद आदर्श ग्राम खनवां में हरित खादी ग्रामोद्योग संस्थान द्वारा स्थापित बायोगैस संयंत्र बायोगैस फर्टिलाइजर एमीनो एसिड आर्गेनिक गूड़ समेत कई प्लांटों का उद्घाटन किया इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि गांधी जी ने चरखा के जरिए स्वरोजगार का जो सपना देखा था उसे राजग सरकार जमीन पर उतार रही है निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची को अद्यतन बनाने के लिए प्रदेशभर में आज विशेष शिविर का आयोजन किया गया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने बताया कि कल भी शिविर का आयोजन किया जायोगा अभियान के दौरान प्रत्येक मतदान केन्द्र पर संबंधित ब्रथ लेवल अधिकारी बीएलओ मौजूद रहेंगे इन शिविरों में नये मतदाताओं के नाम जोड़ने के साथ साथ त्रुटियों में सुधार के लिए निर्धारित प्रपत्रों में आवेदन लिये जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल रविवार सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मन की बात कार्यक्रम की यह तिरपनवीं कड़ी होगी इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जायेगा इसके अलावा आकाशवाणी द्रदर्शन प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के य्र ट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का प्रसारण सुना जा सकता है मन की बात का मैथिली में प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद किया जायेगा इसी प्रसारण को मैथिली में दोबारा रात्रि आठ बजे से सुना जा सकता है राजधानी पटना स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की विशेष अदालत ने चर्चित फर्जी पासपोर्ट मामले में आज पश्चिम बंगाल निवासी एक व्यक्ति को तीन वर्ष के सश्रम कारावास के साथ उन्नीस हजार रुपये का जुर्माना भी किया आरोप के अनुसार दोषी ने भोजपुर जिले के फर्जी आवासीय पते के दस्तावेज और फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त किया था मामले की प्राथमिकी सीबीआई ने वर्ष दो हजार चार में दर्ज की थी वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के जौहरी बाजार में अपराधियों ने पूलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो के ड्राइवर और उसकी पुत्री पर तेजाब फेंककर घायल कर दिया घायलों को हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है पूर्व मध्य रेल के समस्तीपूर रेलवे स्टेशन के पास आज सवारी गाड़ी के एक डिब्बे पटरी से उतर गई जिसके कारण समस्तीपुर मुजफ्फरपुर और बरौनी रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है रेल परिचालन को बहाल करने का प्रयास जारी है प्रदेश के दो रेलवे स्टेशन कटिहार और राजधानी पटना स्थित राजेंद्रनगर टर्मिनल को भारतीय रेलवे ने इको स्मार्ट स्टेशन का दर्जा दिया है कटिहार मंडल रेलवे के प्रवर मंडल वाणिज्य प्रबंधक विवेकानंद द्विवेदी ने बताया कि देश में सैंतीस रेलवे स्टेशन का चयन इको स्मार्ट रेलवे स्टेशन के लिये चयन किया गया है अरवल जिले के विभिन्न परीक्षा क़ेन्द्र से मैट्रिक की परीक्षा में कदाचार क़े आरोप में पांच परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया भागलपुर जिले के खरीक थाना क्षेत्र के बगड़ी गांव में भाकपा माले के प्रखंड सचिव जवाहर यादव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी हत्या का कारण भूमि विवाद बताया जाता है दरभंगा मेडिकल कॉलेज का आज चौरानवेवाँ स्थापना दिवस समारोह और पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह मनाया जा रहा है लखीसराय जिले के बड़हिया थाना क्षेत्र के ख्रटहाडीह गांव से पुलिस ने एक अपराधी को राइफल के साथ गिरफ्तार किया है

इसकी कीमत लगभग दो करोड़ रूपये बतायी जाती है

वहीं शेखपुरा जिले के नगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत जमालपुर इलाके से पुलिस ने दो सौ छियासी बोतल विदेशी शराब बरामद की है